गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि नये आदेशों के तहत परकोटा क्षेत्र में केवल चिकित्साकर्मियों जिला प्रशासन पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति होगी इसके अलावा अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों के कर्मचारियों मीडियाकर्मियों परकोटा क्षेत्र में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने वाले लोगों को आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा उन्होंने कहा कि सभी तरह के व्यक्तिगत पास अब वैध नहीं होंगे और पुलिस द्वारा नये पास जारी किए जाएंगे

अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ अशोक कुमार ने बताया कि वॉर रूम में किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए फोन किया जा सकता है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय पुरूषोत्तम शर्मा ने बताया कि हर थाने में एक वाहन द्वारा घर घर सब्जियां तथा अन्य खाद्य सामग्री उचित दरों पर पहुंचायी जाएगी कल से हर थाना क्षेत्र में इस कार्य के लिए एक ओर वाहन लगाया जाएगा

हनुमानगढ के जिला रसद अधिकारी ने बताया कि सभी कार्ड धारकों को एक साथ दो माह का राशन मुफ़त दिया जाएगा

ब्रंदी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आने वाले परिवारों को अप्रैल माह का राशन वितरित किया जा रहा है वहीं खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित ऐसे परिवार जो दिहाड़ी मजदूर हैं या फूटपाथ या टेंट में जीवन रह रहे हैं उनका सर्वे कर उनके लिए राशन सामग्री के किट तैयार कर वितरण की व्यवस्था की गई है

इनका जोधपुर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है

इनमें अजमेर डूंगरपुर झुंझुनू और जयपुर से एक एक मरीज शामिल हैं

उन्होंने बताया कि कोयला और खनिज मिनरल उत्पादक इकाइयों को भी आवश्यक पास परमिट और अनुमति पत्र जारी किए जा सकेंगे उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति जारी करते समय विभाग द्वारा जारी निर्देशों और केन्द्र तथा राज्य सरकार की समय समय पर जारी एडवाइजरी की भी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जानी है

इससे संक्रमण फैलने की आशंका काफी हद तक बढ़ जाती है उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बेटियों को फूड पैकिट पहुंचाएंगे तो उनको भी भरपेट भोजन मिल सकेगा

उन्होंने कहा कि इस वक्त घर में रहना ही देश की सच्ची सेवा है राज्यपाल ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में जरूरत के लिए हेल्पलाइन नम्बरों पर फोन करें ताकि प्रशासन से तुरंत आवश्यक मदद और चिकित्सा मिल सकें राज्यपाल ने कहा कि आमजन एकांत में है लेकिन अकेले नहीं है

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

इस गाडी से व्यापारी और ई कॉमर्स कंपनियां दवाइयां स्वास्थ्य संबंधित उपकरण और खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुएं भेज सकेंगे रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार ये विशेष पार्सल रेलगाड़ी बांद्रा टर्मिनस से एक अप्रैल तीन छह आठ ग्यारह और तेरह अप्रैल को और लुधियाना से तीन अप्रैल पांच आठ दस तेरह और पंद्रह अप्रैल को रवाना होगी रेलवे ने अजमेर और जयपूर क्षेत्र के व्यापारियों से इस विशेष गाड़ी के माध्यम से जनता तक जरूरी सामग्री की आपूर्ति पहुंचाने की अपील की है

न्यायालय ने कहा कि वायरस से कहीं ज्यादा खबरों के माध्यम से फैलायी जा रही दहशत पर काबू करना जरूरी है शीर्ष अदालत ने केन्द्र से कहा कि देशभर में आश्रय गृहों में पनाह लिए प्रवासियों को ढांढस दिलाने और उनकी उत्सुकताओं को शांत करने के लिए सभी आस्थाओं के सामुदायिक नेताओं और प्रशिक्षित सलाहकारों की सेवाएं र्ली जाए प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कामगारों का पलायन रोकने और उनके लिए खाने पीने रहने तथा दवाओं का बंदोबस्त करने का भी निर्देश केन्द्र को दिया

इस कारण आज कई जगह बादल छाये रहे और ठंडी हवा के साथ बूंदाबांदी हुई श्रीगंगानगर में सुबह छींटे पड़े और दिनभर बादल छाए रहे चूरू में शाम को हल्की बरसात हुई